स्थिति सामान्य होने के बाद इन परीक्षाओं की नई तिथि घोषित की जाएगी इस बीच राज्य सरकार ने तय किया है कि निजी अस्पतालों में कोरोना संक्रमण की जांच और इलाज की दरें तय की जाएंगी इसी तरह रेमडेसिवीर इंजेक्शन की दरें भी निर्धारित की जाएंगी प्रदेश के एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशनों में कोरोना संक्रमित मरीजों की पहचान के लिए आरटी पीसीआर टेस्ट की सुविधा स्थापित की जाएगी

लॉकडाउन को प्रभावी तरीके से अमल में लाने के लिए आज शाम जिले के कलेक्टर और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में राजधानी के मुख्य मार्गो पर फ्लैग मार्च किया गया उन्नीस अप्रैल की सुबह तक चलने वाले लॉकडाउन के दौरान जिले की सीमाओं को सील कर दिया गया है लॉकडाउन अवधि में रायपुर जिले में आने जाने वाले नागरिकों के लिए ई पास की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है इसके लिए ई पास ऐप को मोबाइल में डाउनलोड कर लोग अपना पंजीयन करा सकते हैं इससे पहले रायपुर जिला प्रशासन ने निर्णय लिया है कि अब जिले में विवाह अंत्येष्टि और दशगात्र के कार्यक्रम में अधिकतम दस लोग ही शामिल हो सकेंगे इसके लिए ऑनलाइन आवेदन करने की सुविधा दी गई है आदेश में यह स्पष्ट किया गया है कि लॉकडाउन के दौरान रेल बस और हवाई यात्रा के लिए रेलवे स्टेशन बस स्टैण्ड और एयरपोर्ट तक आने जाने वाले यात्रियों को ई पास की जरूरत नहीं होगी उनके पास उपलब्ध टिकट ही उनका ई पास माना जाएगा प्रदेश के राजनांदगांव बेमेतरा और बालोद जिले में कल से लॉकडाउन लगाया जाएगा इसके अलावा जशप्र जिले में परसों से लॉकडाउन शुरू होगा गौरतलब है कि दुर्ग जिले में बीते छह अप्रैल से ही लॉकडाउन लगा दिया गया है

इधर जशपुर जिले में भी जिला प्रशासन ने ग्यारह अप्रैल की सुबह छह बजे से अट्ठारह अप्रैल की सुबह छह बजे तक सात दिनों का लॉकडाउन लगाने की घोषणा की है इस बीच राजनांदगांव में कल से लागू होने वाले लॉकडाउन का पालन सुनिश्चित कराने के लिए आज पुलिस प्रशासन द्वारा शहर में फ्लैग मार्च निकाला गया इस दौरान लोगों से लॉकडाउन के नियमों का पालन करने की अपील की गई उधर महासमुंद जिले के उप तहसील मुख्यालय पटेवा में भी सभी व्यापारियों ने आपसी सहमति से संपूर्ण लॉकडाउन का निर्णय लिया है व्यावसायियों ने दवाई दुकानों को छोड़कर अन्य सभी दुकानें और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को आज रात नौ बजे से सोलह अप्रैल की रात बारह बजे तक बंद रखने का फैसला किया है जिला प्रशासन को इसकी जानकारी दे दी गई है गरियाबंद जिले में भी दुकानों के बंद करने की समय सीमा में बदलाव किया गया है अब शाम छह बजे के बजाय दोपहर दो बजे ही सभी दुकान और व्यावसायिक प्रतिष्ठान बंद कर दिए जाएंगे इधर रायगढ़ जिले के सभी नगरीय निकायों और नगर निगम सीमा क्षेत्र में आज से दुकानों के संचालन को लेकर पूर्व में जारी आदेश में संशोधन किया गया है अब यहां सभी प्रकार की स्थायी और अस्थायी दुकानें सुबह छह बजे से शाम छह बजे तक खुली रहेंगी जबकि रेस्टॉरेंट होटल और ढाबों को सुबह आठ बजे से रात दस तक खोलने की अनुमति दी गई है यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है

कार्यालयों के गेट पर ही आवेदन लिए जाएंगे कोरबा जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में भी अब सभी दुकानें और व्यावसायिक प्रतिष्ठान दोपहर तीन बजे बंद कर दिए जाएंगे जिला कलेक्टर द्वारा जारी आदेश के अनुसार शराब दुकानें भी दोपहर तीन बजे तक ही खुली रहेंगी उधर बस्तर जिले के बस्तर और बकावंड तहसील क्षेत्र में लगने वाले सभी साप्ताहिक हाट बाजार दस अप्रैल से आगामी आदेश तक के लिए बंद कर दिए गए हैं कोरोना समाचार राजधानी रायपुर में कोरोना पॉजीटिव मरीजों के होम आइसोलेशन के लिए ऑनलाइन पंजीयन की व्यवस्था शुरू की गई है साथ ही आपातकालीन हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए गए हैं कोरोना संक्रमित मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए रायपुर जिला कलेक्टर डॉक्टर एस भारतीदासन ने रावाभाटा स्थित ईएसआईसी हॉस्पिटल को अस्थायी आइसोलेशन वार्ड या कोविड केयर सेंटर बनाने के लिए अधिग्रहित करने का आदेश जारी किया है इसी तरह रायपुर के नालंदा परिसर को भी कॉन्ट्रेक्ट ट्रेसिंग डाटा एन्ट्री कार्य के लिए अधिग्रहित किया गया है वहीं रायपुर के इंडोर स्टेडियम को भी अस्थायी कोविड केयर सेंटर बनाया जाएगा रायपुर नगर निगम के महापौर एजाज ढेबर ने बताया कि इस सेंटर में ऑक्सीजन बेड की सुविधा भी उपलब्ध होगी

एक पूरा वातावरण क्रिएट कर सकते हैं टीका उत्सव का एक विशेष अभियान चलाकर हम ज्यादा से ज्यादा एलिजिबल लोगों को वैक्सीनेट करें

इन चार दिन जो है टीका उत्सव में जीरो वेस्टेज हो वो भी हमारी वैक्सीनेशन कैपेसिटी को बढा देगा श्री मोदी ने युवाओं से आगे आने और वरिष्ठ नागरिकों तथा अन्य लोगों की मदद करने की अपील की जिन्हें कोविड टीकाकरण के लिए सहायता की आवश्यकता है राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ कल शाम कोविड की स्थिति पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बातचीत करते हुए श्री मोदी ने संक्रमण के बढ़ते मामलों को प्रभावी ढंग से नियंत्रित करने के लिए छोटे नियंत्रण क्षेत्र बनाने की आवश्यकता पर जोर दिया उन्होंने राज्यों से युद्वस्तर पर अपने प्रयास तेज करने का आग्रह किया श्री मोदी ने कहा कि महाराष्ट्र छत्तीसगढ़ पंजाब मध्यप्रदेश गुजरात और अन्य राज्यों ने संक्रमण की पहली लहर के शिखर को पार कर लिया है और कुछ अन्य राज्य भी तेजी से इसकी ओर बढ़ रहे हैं उन्होंने कहा कि यह सभी के लिए चिंताजनक और गंभीर विषय है उन्होंने राज्यों से संक्रमण की जांच और संक्रमितों का पता लगाने तथा उनका इलाज करने के साथ ही कोविड उपयुक्त व्यवहार और कोविड प्रबंधन पर ध्यान केंद्रित करने का आग्रह किया हर्षवर्धन कोविड टीका केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने देश में कोविड टीकों की कमी के दावों को खारिज कर दिया है उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार स्थिति पर लगातार नजर रखे हुए हैं और राज्यों तथा केन्द्रशासित प्रदेशों को कोविड टीकों की सप्लाई बढ़ा रही है इधर छत्तीसगढ़ में अब तक सैंतीस लाख से अधिक लोगों को कोरोना की वैक्सीन लगाई जा चुकी है इस बीच मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज रायपुर के पंडित जवाहरलाल नेहरू स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय में कोरोना वैक्सीन का पहला डोज लिया मुख्यमंत्री ने आज से रायपुर नगर निगम क्षेत्र में रोको अउ टोको अभियान का भी शुभारंभ किया इस अभियान के तहत कोरोना संक्रमण से बचाव के उपायों की जानकारी देने के लिए छह सौ वॉलिंटियर घर घर जाएंगी साथ ही लोगों को कोरोना का टीका लगाने के लिए प्रेरित भी किया जाएगा वहीं गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने भी आज अपनी पत्नी के साथ रायपुर मेडिकल कॉलेज पहुंचकर कोविड का पहला टीका लगवाया राज्य में टीकाकरण के लिए लोगों को प्रेरित करने के लिए प्रमुख लोगों के साथ साथ विभिन्न समाजों के महत्वपूर्ण व्यक्ति भी टीकाकरण के लिए अपील कर रहे हैं

इनमें से एक माओवादी जनताना सरकार का अध्यक्ष बताया जाता है चिंतलनार इलाके से गिरफ्तार किए गए इन माओवादियों पर कई वारदात में शामिल रहने का आरोप है उधर दंतेवाड़ा में भी सुरक्षा बलों ने एक इनामी माओवादी को गिरफ्तार किया है इस माओवादी पर छह लाख रूपये का इनाम घोषित था हाईकोर्ट बाल कल्याण समिति छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार द्वारा बाल कल्याण समिति कोरबा की अध्यक्ष को भाजपा के पक्ष में प्रचार करने पर पद से हटाने के आदेश को निरस्त कर दिया है हाईकोर्ट के न्यायाधीश गौतम भादुड़ी की एकल पीठ ने इस संबंध में दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि किसी के पक्ष में प्रचार करने मात्र से कोई भी अपने पद का दुरूपयोग करने का दोषी नहीं ठहराया जा सकता हाईकोर्ट ने कहा कि किशोर न्याय अधिनियम दो हजार पंद्रह में इस तरह का कोई प्रावधान नहीं है गौरतलब है कि वर्ष दो हजार अट्ठारह में बाल कल्याण समिति की पूर्व अध्यक्ष मध् पांडेय को भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में प्रचार करने के मामले में उन्हें राज्य सरकार ने कारण बताओ नोटिस जारी किया था जब उनके कार्यकाल के केवल दो महीने शेष थे तब बीते उन्नीस जनवरी को शासन की ओर से सुश्री पांडेय को पद से हटा दिया गया था होईकोर्ट परसा मामला छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने परसा कोल खदान भूमि अधिग्रहण के मामले में केन्द्र और राज्य सरकार के अलावा राजस्थान विद्युत मंडल और अदानी के स्वामित्व वाली कंपनियों को नोटिस जारी किया है मुख्य न्यायाधीश पीआर रामचंद्र मेनन और न्यायमूर्ति पीपी साहू की खंडपीठ ने भूमि अधिग्रहण के प्रभावित आदिवासी ग्रामीणों की याचिका पर आज सुनवाई की याचिका में कहा गया है कि कोयलाधारित क्षेत्र अधिनियम का उपयोग किसी राज्य की सरकारी कंपनी और खासतौर पर निजी कंपनी के और विकास हित में नहीं किया जा सकता मामले की अगली सुनवाई छह हफ्ते बाद होगी

जिला कलेक्टर ने गौठानों के उन्नयन का निर्णय लिया है